इंदौर और गोविन्दपुरा जैसी सीटों पर अब तक कोई फैसला नहीं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्री भर रहे हैं नामांकन

भाजपा लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिये आज अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की

इसमें जबलपुर उत्तर से शरद जैन जबलपुर पश्चिम से हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू बासोदा से लीना संजय जैन उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव को टिकट दी गई है पार्टी ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री निर्मला भूरिया को पेटलाबाद से मैदान में उतारा है हालांकि दूसरी सूची में भी इंदौर तथा गोविन्दपुरा जैसे चर्चित क्षेत्रों के लिये उम्मीदवार घोषित नहीं किये गये हैं

कांग्रेस सूची कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है

इनमें पांच वर्तमान विधायक और कुछ नये चेहरों के नाम शामिल है पार्टी ने भोपाल जिले की नरेला सीट से महेन्द्र सिंह चौहान को अपना उम्मीद्वार बनाया है वहीं श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है दतिया विधानसभा सीट से राजेन्द्र सिंह को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है पिछले चुनाव में राजेन्द्र सिंह जनंसपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से चुनाव हार गये थे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हैं भाजपा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि श्री चौहान आज सुबह भोपाल से अपने गॉव जैत पहुचे जहां उन्होंने कुल देवी और मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया इसके बाद मुख्यमंत्री सलकनपुर पहुंचकर देवी मॉ के दर्शन किये श्री चौहान ने बुधनी में दोपहर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हैं इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद राकेश सिंह संगठन महामंत्री सुहास भगत प्रदेश संगठन मंत्री अतुल राय मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं इसी प्रकार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा अलीराजपुर और जोबट पहुंचकर पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हैं वहीं केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दतिया पहुंचकर डॉ नरोत्तम मिश्रा का नामांकन पत्र दाखिल कराने की प्रकिया में शाामिल हैं खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज भाजपा के उम्मीद्वार व मंत्री विजय शाह अपने समर्थकों के साथ हरसूद के निर्वाचन कार्यालय पहॅचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं

उधर शिवपुरी में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं रतलाम में भाजपा उम्मीद्वार चेतन्य काश्यप अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं हमारे अनूपपुर संवादादाता ने बताया है कि अनूपपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष बिसाहुलाल सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया प्रत्याशी निधन विधानसभा चुनाव में बड़वानी जिले के राज्युर से भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी और पूर्व राज्य मंत्री देवी सिंह पटेल का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वे छियाछठ वर्ष के थे कल रात सीने में दर्ज होने की शिकायत के बाद उन्हें राजपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था श्री पटेल उमाभारती सरकार में मंत्री थे वे चार बार विधायक चुने गये थे देवी सिंह पटेल अंजड सीट से तीन बार विधायक चुने गये थे उनका अंतिम संस्कार कल शाम किया जायेगा

हालांकि मध्यप्रदेश निर्वाचन कार्यालय इस चुनाव में प्रयास कर रहा है कि जिन मतदान केन्द्रों में निरंक मतदान अथवा कम मतदान हुआ था वहां पर अधिक से अधिक वोट डाले जायें मुरैना में सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक वहीं भिण्ड के दो विधानसभा क्षेत्रों के एक एक मतदान केन्द्रों पर कोई वोट नहीं डाला गया गुना अशोकनगर सागर छतरपुर सतना अनूपपुर डिंडोरी सिवनी बैतूल होशंगाबाद खरगोन उज्जैन के एक एक मतदान केन्द्रों में भी निरंक मतदान हुआ दूसरी और रीवा सीधी जिलों के दो दो बालाघाट रायसेन खंडवा और आगरमालवा जिले के दो दो मतदान केन्द्रों में मत नहीं डाले गये विदिशा जिले में चार राजगढ़ में तीन और सर्वाधिक दतिया जिले के कूल छह मतदान केन्द्रों में वोट नहीं डाले गये निरंक अथवा कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों में मतदाता जागरूकता की गतिविधियां चलाकर लोगों को अधिक वोट डालने के लिये प्रेरित किया जा रहा है

चुनाव जब्ती विधानसभा चुनाव को देखते हुए चलाये जा रहे तलाशी अभियान के दौरान आज मुरैना पुलिस ने एक वाहन से तीन करोड से ज्यादा रूपये जब्त किये हैं जब्त राशि को ग्वालियर निर्वाचन अधिकारी सुमावली के सुपुर्द कर दिया गया है मतदान फोटो चुनाव आयोग ने प्रदेश में मतदाताओ को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी है वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत दर्जन भर दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मसलन पासपोर्ट ड्रायविंग लाईसेंस पेनकार्ड बैंक मनरेगा जॉबकार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या फोटो सहित पेंशन दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश भी दिये हैं कि ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है वह उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिये अधिकृत हों यदि फोटो बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं है तो उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर मतदान कराया जाएगा

मध्यप्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि दो से पांच नवंबर तक खेली जा रही इस प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाडियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में चार स्वर्ण दो रजत और दो कांस्य पदक सहित कल आठ पदक जीते हैं

धनतेरस पर बर्तन सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य खरीदारी को शुभ माना जाता है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों और कस्बों के बाजार में रौनक देखी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक कपड़ा बर्तन और आभूषणों की द्वानों पर बड़ी संख्या में ग्राहक पहंच रहे हैं जिले की ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में धनतेरस के अवसर पर भगवान कुंबेर भण्डारी मंदिर परिसर में कुंबेर लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन किया गया हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि धनतेरस पर बर्तन कपड़े वाहन इलेक्ट्रॉनिक और आभूषणों की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं मंदिरों में भगवान धनवन्तर की पूजा अर्चना की जा रही है

दुकानों को सजाया गया है जिनमें काफी रौनक देखी जा रही है और बड़ी संख्या में खरीदार भी पहुंच रहे हैं आज बर्तन सराफा और इलेक्ट्रॉनिक सामान की अच्छी बिकी हो रही है शाजापुर ग्वालियर सतना कटनी सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी धनतेरस उत्सव मनाये जाने की खबरे हैं दीपावली पर्व को देखते हुए मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी ने बिजली उपभोक्ताओं और आम नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है बिजली कम्पनी में सभी पटाखा व्यवसाइयों दुकानदारों से अपील की है कि बिजली लाईन के नीचे ट्रांसफार्मर के आसपास दुकानें न लगायें जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके और सुखद दीपावली मनायें